सप्ताह भर के कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की प्रधानमंत्री आज वीडियो काफ्रेंस के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा की करेंगे शुरूआत म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में अत्याध्निक सुविधाओं वाले कोविड अस्पताल का कल किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्म विश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है नई दिल्ली में कल शाम राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का प्रमाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई रजा दी है नई ताकत दी है उसको बढ़ाया है तेकिन इसका सबसे अधिक ताम देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान से कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण सहायता मिली है उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस दो हजार चौदह से पहले देश में आया होता तो स्थिति बहत खराब होती उन्होंने कहा कि देश की साठ प्रतिशत आबादी जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी तो सरकार लॉकडाऊन लागू नहीं कर पाती श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में देशभर में महात्मा गांधी से प्रेरित लाखों लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है श्री मोदी ने कहा कि गरीबी कचरा खुले में शौच जाने की मजबूरी और दूर से पानी भरकर लाने की विवशता जैसी समस्याओं के खिलाफ एक व्यापक भारत छोडो अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने भारत को कचरे से मुक्त कराने के लिए पन्द्रह अगस्त तक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को श्रद्वांजलि है

अंग्रेजों भारत छोड़ों का नारा उस दिन तगा था ऐसे ऐतिहासिक दिक्स पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहत ही प्रासंगिक है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के विश्व में महात्मा गांधी से अधिक प्रेरक कोई और नहीं है उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया गांधीजी के जीवन और दर्शन को अपना रही है उन्होंने कहा कि विश्वभर में गांधीजी की एक सौ पचासवीं जयंती मनाया जाना अभूतपूर्व घटना है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के एम्फी थियेटर में छत्तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीस स्कूली विद्यार्थियों के साथ बातचीत की

श्री पाल ने कहा प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया है और जिस तरह से अपील किया है उसमें देश के एक सौ तीस करोड़ देशवासियों को भी उन्होंने सहभागिता की अपील की है स्वच्छता अभियान में उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि शासकीय लोग या केवल प्रशासन के लोग या इससे समांधित उन्हीं का दायित्व है सफाई करने या स्पेच्छाग्रही लोग उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लोगों को दायित्व है तो अवेरनेश को निर्शक्त तौर से बद्गायेगा कि इस केन्द्र के माध्यम से जब पूरे देश में एक तगातार अभियान चलेगा स्वच्छता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो काफ्रेंस के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविघा की शुरूआत करेंगे वे प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत साढ़े आठ करोड़ किसानों के लिए सत्रह हजार करोड़ रुपये के कोष की छठी किस्त भी जारी करेंगे केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्तीय सुविधा की इस योजना को मंजूरी दे चुका है यह कोष फसल कटाई के बाद प्रबंधन के आधारभूत ढांचे और शीत भण्डारण संग्रह केन्द्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों जैसी सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियों के विकास के लिए होगा ये सुक्धिाएं उपलब्ध होने से किसानों को अपनी उपज की अधिक कीमत मिल सकेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के सेक्टर उन्तालीस में अत्याध्निक सुविधाओं वाले चार सौ बिस्तर के समर्पित कोविड नाइन्टीन अस्पताल का उद्घाटन किया हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिले में कोविड की स्थिति की भी समीक्षा की अत्याध्रनिक सुविधाओ से लैस ये अस्पताल टाटा ट्रस्ट और बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से तैयार किया गया है

आठ मंजिला इस अस्पताल में खुद की डायगनोस्टिक तैब और ब्लड बैंक भी है और ये कोविड के मरीजों के लिए नोएडा जैसे शहर में एक प्रीमियर सुविघाओं वाला अस्पताल बन गया है देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर अड़सठ दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तालीस हजार नौ सौ मरीज ठीक हुए हैं इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चौदह लाख सत्ताईस हजार पांच हो गई है इस समय देश में कोरोना के छः लाख उन्नीस हजार अट्ठासी मरीजों का इलाज चल रहा है जो क्ल संक्रमित लोगों का उन्तीस दशमलव छह चार प्रतिशत है समी मरीज अस्पतालों में चिकित्सा निगरानी में या घर पर ही पृथकवास में रह रहे हैं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य में उन्तीस लाख छान्नबे हजार चार सौ छः लोगों का कोरोनावायरस टेस्ट किया गया जिनमें से एक लाख अट्ठारह हजार अड़तीस पॉजिटिव केस पाए गए इस समय राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी दर तीन दशमलव नौ प्रतिशत है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है उधर राज्य में छियालिस हजार एक सौ सतहत्तर कोरोना के सक्रीय रोगी हैं और उन्हत्तर हजार आठ सौ तैंतीस रोगी ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं अब तक सबसे ज्यादा बारह हजार चौहत्तर कोरोना केस लखनऊ में पाए गए वहीं कानपुर में सात हजार नौ सौ नवासी और गौतम बुध नगर में पांच हजार आठ सौ अड़सठ केस मिले हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कल संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि कोविड नाइन्टीन के मददेनजर बीस अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के आगामी सत्र की अवधि छोटी होगी

विधानमंडल की कार्रवाई देखने आने वाले दर्शकों के प्रवेश पर इस बार पाबंदी रहेगी प्रदेश के तिहत्तर जिलों में आज बीएड की प्रवेश परीक्षा दो हजार बीस आयोजित की जा रही है कोविड नाइन्टीन संक्रमण से बचाव के पूरे प्रबंध के साथ एक हजार नवासी परीक्षा केन्द्रों पर कुल चार लाख इकतीस हजार नौ सौ चार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे परीक्षा के लिये प्रदेश में चौदह नोडल केन्द्र चार उप नोडल केन्द्र बनाये गये हैं राज्य समन्यवक प्रोफेसर अमिता बाजपेई ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जायेगी पहली पाली सुबह नौ बजे से बारह बजे तक व दूसरी पाली दोपहर दो बजे से पांच बजे तक होगी सभी अभ्यार्थियों को कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है